गंगापुर सिटी में उपजे तनाव की स्थिति नियंत्रण में मौके पर पर्याप्त पुलिस तैनात

वे पर्यावरण जलवायु महासागर और डिजिटल क्रांति विषय से जुड़े सत्रों को सम्बोधित करेंगे

कारोबार और सहयोग के बदलते माहौल के बीच इस बैठक के दौरान दुनियाभर के नेता जलवायु परिवर्तन आतंकवाद व्यापार और असमानता जैसे मुद्दों पर एक साझा मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कल बियारेट्ज में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जहनसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटरस से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बीच कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई

उन्होंने नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से पिछले दस दिनों में किसी हिंसक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विद्यालय महाविद्यालय कौशल विकास केन्द्र अस्पताल और अन्य सुविधा केन्द्र खोलने की आवश्यकताओं का आकलन करेगा

कल स्विट्जरलैण्ड के बासेल में खेले गये विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पी वी सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स खिताब पर कब्जा जमा लिया इसी के साथ पी वी सिन्यु बैडमिंटन की विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाडी बन गई है इस साल का यह उनका पहला पदक है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पी वी सिंधु को बधाई दी है

खाद्य मंत्री ने कहा कि केवल निलंबन से डीलर कृष्ठ ही दिन बाद फिर बहाल हो जाता है लिहाजा गंभीर अनियमितता मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके वे कल हनुमानगढ में उपखण्ड अधिकारियों की एक बैठक में बोल रहे थे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कल ही पक्का सहारणा में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया तो कई खामियां सामने आई इस पर पोस मशीनों और स्टहक रजिस्टर को जब्त कर जांच के लिए कब्जे में लिया गया है

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता अभियान की सफलता के बाद संगठन संरचना के लिये इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है सवाईमाधोपूर के गंगापूरसिटी में कल दो समुदायों के बीच पथराव के बाद उपजी तनाव की स्थिति अब नियंत्रण में है

आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल जयपुर में इस कहल सेंटर का उद्घाटन करेंगे

साथ ही अहनलाइन अथवा अहफलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों में फिल्म श्रंटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है श्री डोटासरा कल जयपुर में फिल्म टूरिज्म फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य की नई तैयार हो रही पर्यटन नीति में प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है